राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि पहले पिलो को मरीज़ों के दोग्णा होने की दर और क्ल पोषि टिव मामलों के आधार पर हॉट सपॉट लाल ज़ोन नारंगी ज़ोन और हरे ज़ोन के तौर पर चिन्हित किया गया था उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने की दर बढ़ाने पर अब पि लों केा मापदंडों का आधार बड़ा करते हये विभिन्न ज़ोन में बाटा ा रहा है

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों से मिली प्रतिक्रिया और अन्य विश्लेषण के बाद अन्य लाल और नारंगी ज़ोन तय कर सकते है लेकिन वे शिले के लिए तय की गई लाल और नारंगी ज़ोन की शर्तो में पील नहीं देंगे

प्रवक्ता ने कहा कि संक्रमण के बाहर वाले क्षेत्रों में भी लोगों द्वारा सावधानियों का ख्याल रखना आवश्यक है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर देश व प्रदेश के सभी श्रमिकों को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के आर्थिक व विकास गतिविधियां मज़दूरों के बलबूते ही ब्लदियों पर पहंची है

उन्होंने उम्मीद स ताई कि मज़द्रों के योगदान से देश व प्रदेश प्नः विकास की ओर अग्रसर होगा उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने भी अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के मौके पर श्रमिकों को श्भकामनाये दी है उन्होंने कहा कि मई दिवस को विशेष महत्व है देश व द्निया ने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि मज़दूरों के बिना किसी देश या प्रदेश का विकास संभव नहीं है आ अंतर राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों को रोडवेज़ की बसों में प्रदश वापिस लाया

रानियां डबवाली ऐलनाबाद के विभिन्न गांवों के रहने वाले इन मज़द्रों की चिकित्सा टीमों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई

इनमें दो लोग संदिग्ध मिले है इनके नमूने लेकर ांच करवाई स ायेगी और शेष को घरों में एकांतवास में रखा स ायेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस डैशबोर्ड की शुरूआत के मौके पर बताया कि ल वीवन मिशन के तहत प्रगति की निगरानी के लिए विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड विभाग के अधिकारियों उपायुक्तों और आम स नता के लिए विकसित किये गए हैं

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल वि ने कहा कि सभी राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है

तालाबंदी की अवधि बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि ये फैसला केन्द्र को करना है

ग्रूग्राम की सीमाओं को गृह मंत्रालय के आदेशों के अन्सार सील कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि आ सूबह दस ब े से आवागमन पर रोक लगी हई है ग्रूग्राम पलिस के ए सी पी करण गोयल ने बताया कि कल शाम अमित खत्री दवारा थारी आदेशों के तहत कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए आने भाने वालों को भी एक बार आने की अनुमति दी ायेगी उसके बाद गुरूग्राम में काम करने वाले को गुरूग्राम में और दिल्ली में काम करने वाले को दिल्ली में ही रहना होगा

बाप् धाम में आ मिले मामलों में आठ पोषिटिव व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य है थ बकि चार लोग उसके करीबी है

पलवल सिविल स ् र न ब्रहमदीप सिंह ने आ पलवल के नागरिक अस्पताल से संदिग्ध कोरोना मरीज़ो के नमूने लेने के लिए मोबाइल सैंपलिंग वैन को रवाना किया इसमें एक विशेष स्क्रीन लगाई गई है

फरीदाबाद में एक मरीज़ की मृत्यू के बाद इस संक्रमण से भान गवांने वालों की गिनती चार हो गई है सिरसा में आ पो ि टिव पाये गये दो व्यक्ति नांदेड़ से लौटे श्रदवालू है आ फतेहाबाद स्थित निट नंबर एक के बी ब्लॉक को सील किया गया है